मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्धखटीमा और मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्दांजलि अर्पित की

घर घर में कृष्मजन्मोत्सव के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं इस मौके पर राज्य के सभी मंदिरों को भव्यता से सजाया गया है सुबह से ही मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर चल रहा है बाजार में भी अलग ही रौनक देखने को मिल रही है राजधानी देहरादून में जगह जगह दही हांडी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया वहीं चमोली जिले के गोपेश्वर में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और झांकियां निकाली गई इस शोभायात्रा में ऊंटों को भी शामिल किया गया क्षेत्र के अधिकांश लोग पहली बार ऊंट देखने पर बेहद उत्साहित नजर आये कई लोग ये त्योहार आज मना रहे हैं जबकि कई लोग कल श्रीकृष्ण का जन्मोत्वस मनाएंगे स्लग सीएम शुभकामनाएं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं श्भकामनाएँ दी हैं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र त्यौहार लोगों को भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का स्मरण करने और सार्वभौमिक भाईचारे और शांति की भावना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ज्ञान कर्म प्रेम भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा मिलती है मानव जाति के कल्याण के लिए श्रीमदभगवद् गीता में भगवान श्रीकृष्ण का दिव्य संदेश निहित है भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षाएं और दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक सफल जीवन जीने के लिए उनका पालन करना चाहिए श्री रावत ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए सदैव समर्पित रहने दीन दुखियों और समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण और अन्याय के विरूद्व प्रतिकार करने का संदेश दिया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी है

सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों और कस्बों में भी लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आयी है टिहरी जिले के लोग स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं हर उम्र और वर्ग के लोग इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं

बालकृष्ण गौड़ सुबह और शाम गांव के आम रास्तों पंचायत घर सार्वजनिक स्थलों और जलस्रोतों की सफाई करते हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वच्छता अभियान से वह प्रेरित हुए है

ये स्वच्छ भारत अभियान का ही असर है कि लोग स्वच्छता के मायने समझने लगे हैं

श्री रावत ने कहा है कि आईपीपीबी की शुरूआत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बचत के लिए लोगों की सोच में नया परिवर्तन आयेगा आईपीपीबी की व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही गेम चेन्जर साबित होगी जीपीओ देहरादून में खुली आईपीपीबी की शाखा में चार खाताधारकों को क्यू आर कार्ड वितरित किये गए

अल्मोड़ा में आईपीपीबी की शुरुआत केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने की उन्होंने कहा कि देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में यह बैंक लाभकारी सिद्द होगा उधर हरिद्वार में भी आईपीपीबी सेवा की शुरूआत की गई सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने जिले के मुख्य डाकघर में आईपीपीबी शाखा का शुभारम्भ किया

उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और जिलाधिकारी डा आशीष चौहान ने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक का शुभारंभ किया गौरतलब है कि इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक सेवा आम आदमी के लिए सुगम किफायती और भरोसेमंद बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को बचत खाता चालू खाता डिजिटल भुगतान नेट बैंकिंग बिजली पानी का भुगतान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी इसके अलावा जन धन योजना को भी बल मिलेगा

अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है देहरादून में मालदेवता के नजदीक में बारिश और भूस्खलन के कारण झील बन गई है झील का जलस्तर बढ़ रहा है लेकिन जल निकासी लगातार होने से स्थिति सामान्य बनी हुई है वहीं प्रदेश में विभिन्न नदियों का जलस्तर भी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कई संपर्क मार्ग बाधित हैं सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी तैनात किये गए हैं हरिद्वार में बारिश के कारण हिल बाइपास मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है हरिद्वार में लगने वाले मेलो और जाम से बचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाये हुए है

खटीमा और मसूरी गोली कांड के शहीदों को याद कर मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में शहीद हुये आन्दोलनकारियों के अथक प्रयासों से ही आज उत्तराखण्ड को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन दुनिया के अन्य आन्दोलनों से अलग रहा है इस आन्दोलन में मातृशक्ति और सैनिक पृष्ठभूमि की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहृति देने वाले राज्य आन्दोलकारियों के बलिदान को प्रदेश हमेशा याद रखेगा श्री रावत ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य आन्दोलनकारियो के सपनों को साकार करने के लिए जैसा राज्य वे चाहते थे उसके अनुरूप ही राज्य को विकसित करने के लिए प्रयास करने होंगे राज्य के विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिये पलायन को रोकने रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना होगा